आज जयपुर में छब्बीस अजमेर और जोधपुर में नौ नौ कोटा में आठ पाली में पांच उदयपुर अलवर और झालावाड में दो दो तथा सीकर में एक व्यक्ति में कोरोना संकमण की प्रष्टि हुई है

इसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने आवागमन के साधन नाई की दुकानों और स्पा को बंद करने का आदेश दिया है उधर ग्रीन जोन में चल रहे श्रीगंगानगर जिले में सतर्कता और बढा दी गयी है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारेंटीन किया जा रहा है इस बारे में नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा साथ ही उसे सरकारी क्वारेंटाइन सेंटर में रहना होगा इधर जयपुर में निर्भया स्कवाड परकोटे में अपनी विशेष सेवाए देने में तत्परता से जुटी है

उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में दो सरकारी और एक निजी चिकित्सा संस्थान में प्लाज्मा थैरेपी के जरिए इलाज करवाया जा सकेगा

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विमाग द्वारा शुरू की गई टेली कंसलटेंसी र्सवाओं का लाभ प्रदेश के सभी ई मित्र केन्द्रो के माध्यम से भी लिया जा सकता है

इसके जरिए आमजन घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा परामर्श और सेवाएं निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं

हमारे दौसा संवाददाता ने खबदी है कि जिले के दो कोविड मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आज इन्हें जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल भेजा जहां इनका प्लाज्मा लिया गया

छूट के बाद जहां छोर्टे छोटे कृषि अधारित उद्योगों के शुरू होने से कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रो में किसानो की परेशानियां भी दूर हुई हैं संवाईमाघोपूर जिले के अर्जनोटी गांव में तेल की घाणी चलाने वाले जलील चौधरी ने इसके लिए सरकार का आभार जताया

झालावाड़ जिले के झालरापाटन की कपड़े इस्त्री करने वाली लीला बाई ने पैकेज के तहत मिली विभिन्न सहायता के बारे में बताया

मिशन के जिला समन्वयक निजामुद्दीन ने जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी आकाशवाणी को दी

ये हादसा आबू रोड़ में दो कारों की टक्कर से हुआ हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों कारों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और बड़ी मशक्कत के बाद उनके शव बाहर निकाले जा सके द्र्घटना में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन एक से पन्द्रह जुलाई के बीच किया जाएगा

उन्होंने आने वाली परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं

इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शिक्षा मंत्री और विमाग के अधिकारियो के साथ वीडियो कांफेसिंग के जरिए चर्चा की प्रदेश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं का आयोजन हालात सामान्य होने पर करवाया जाएगा मुख्यमंत्री ने बैठक में गर्मी की छट्टिटयों में बच्चों के लिए मिड डे मील को पारदर्शिता के साथ मुहैया कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाने की स्थिति में स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटें श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए अभिभावक की आय सीमा एक लाख रूपए से बढाकर ढाई लाख रूपए की जाए

मौसम विभाग ने कहा है कि बाडमेर जैसलमेर और जालोर जिलों में लू चलने की आशंका है